प्रदेश के बारह लाख से ज्यादा घरेलू बिजली कनेक्शन वाले परिवारों को सहज बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा गांवों और शहरों में लगाए जाएंगे पुनरीक्षित बिजली बिल वितरण शिविर भिलाई में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्व मंत्री ने चिकित्सकों को चेतावनी दी कि उपचार में लापरवाही बरतने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी

अटल दृष्टि पत्र सुझाव मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नवा छत्तीसगढ़ दो हजार पच्चीस के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार अटल दृष्टि पत्र को और भी ज्यादा व्यापक बनाने के लिए प्रदेशवासियों से सुझाव भेजने की अपील की है उन्होंने कहा कि नागरिक अपने सुझाव मोबाइल नम्बर आठ दो आठ सात आठ एक दो तीन चार पांच पर मिस्ड कॉल करके भी दे सकते हैं कॉल करने वाले को मिस्ड कॉल के कुछ देर बाद जवाबी कॉल किया जाएगा और वे अपने विचार और सुझाव दे सकेंगे इसके अलावा वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट नवा छत्तीसगढ़ दो हजार पच्चीस डॉट कॉम और वाट्सएप नम्बर आठ तीन सात शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य छह पांच के अलावा फेसबुक और ट्वीटर पर भी भेज सकते हैं अटल स्मारक अटल नगर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा इसके लिए प्रदेश के हर गांव से मिट्टी एकत्रित की जाएगी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों से अपने अपने गांवों के पवित्र स्थलों जैसे मंदिर तालाब देवगुड़ी आदि से मिट्टी एकत्रित कर सहयोग प्रदान करने की अपील की है उन्होंने कहा कि अटल स्मारक की संरचना तैयार करने के लिए विश्व स्तरीय वास्तुविदों की मदद ली जाएगी सहज बिजली बिल योजना प्रदेश के बारह लाख से ज्यादा घरेलू बिजली कनेक्शन वाले परिवारों को सहज बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया है कि यह योजना वर्ष दो हजार दो की गरीबी रेखा सूची और वर्ष दो हजार ग्यारह की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर पात्रता रखने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई है योजना के तहत सिंगल फेज के घरेलू कनेक्शनों में सीमा से ज्यादा खपत होने पर हितग्राहियों को वर्तमान में प्रचलित टैरिफ के स्थान पर सौ रूपए प्रति महीने के हिसाब से फ्लैट रेट बिल भुगतान की सुविधा का विकल्प दिया जा रहा है यह विकल्प उन सिंगल फेस घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक बिजली खपत बारह सौ यूनिट तक होती है मुख्यमंत्री ने ऐसे बिजली उपभोक्ताओं से योजना के तहत इस वैकल्पिक सुविधा का लाभ लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि पांच सितम्बर से शुरू हो रही अटल विकास यात्रा के दौरान योजना के तहत हितग्राही परिवारों के आवेदन प्राप्त करने के लिए गांवों और शहरों में पुनरीक्षित बिजली बिल वितरण शिविर भी लगाए जाएंगे इनका आयोजन छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जाएगा राष्ट्रीय पोषाहार माह देशभर में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए इस महीने राष्ट्रीय पोषाहार माह मनाया जा रहा है इस दौरान केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कुपोषण से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे बच्चों की शारीरिक बढ़वार रुक जाना अल्पपोषण खून की कमी और जन्म के समय कम वजन होने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं पोषाहार महीने के दौरान किशोरियों गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को दुग्धपान कराने वाली माताओं की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा पिछले वर्ष जुलाई में पोषण अभियान के तहत भारत की पोषाहार चुनौतियों के बारे में राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक में राष्ट्रीय पोषाहार माह का आयोजन सितम्बर में करने का निर्णय लिया गया था गौरतलब है कि बीते आठ मार्च को राजस्थान के झुंझुनु में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की शुरूआत की थी इस मिशन का उद्देश्य छह वर्ष से कम उम्र के शिशुओं किशोरियों गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के भोजन में पौष्टिक आहार के स्तर को बेहतर बनाना है

महिला और बाल विकास मंत्री रमशिला साहू ने रायपुर जिले के तिल्दा में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और समाज के सहयोग से छत्तीसगढ़ जल्द ही कुपोषण मुक्त प्रदेश बनेगा

डेंगू भिलाई में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार मरीजों का इलाज सुनिश्चित करने के प्रति गंभीरता बरत रही है इस संबंध में राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने आज दूर्ग में सरकारी और निजी चिकित्सकों की एक बैठक ली बैठक में उन्होंने चिकित्सकों को चेतावनी दी कि डेंगू के उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही होने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी उन्होंने चिकित्सकों से अस्पतालों में डेंगू के उपचार के लिए की गई व्यवस्था और प्रबंधन की जानकारी चाही इस बीच बीते चौबीस घंटों के दौरान भिलाई में दो बच्चियों की मौत का समाचार मिला है इनकी मृत्यु डेंगू से होने का संदेह जताया जा रहा है इनमें से तेरह वर्षीय बच्ची की मौत भिलाई के सेक्टर नौ स्थित अस्पताल में हुई वहीं कल रायपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान सोलह वर्षीय एक बालिका की मौत हो गई थी माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में इन माओवादियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया इनकी गिरफ्तारी कुआंकोंडा थाना क्षेत्र के बड़ेड्गरा के जंगलों से हुई इन माओवादियों पर पुलिस बल पर फायरिंग आगजनी और सड़क बाधित करने जैसे कई मामलों में शामिल रहने का आरोप है जवान श्रद्धांजलि जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए छत्तीसगढ़ के जवान डोमेश्वर साहू का द्र्ग जिले में स्थित गृहग्राम उमरपोटी में आज अंतिम संस्कार किया गया शहीद जवान के तीन वर्षीय बेटे आयुष ने उन्हें मुखाग्नि दी डोमेश्वर साहू की शहादत से पूरे इलाके में शोक व्याप्त है शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री रमशीला साहू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल और जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज सुबह राजधानी के माना एयरपोर्ट पहुंचा जहां उन्हें श्रद्दांजलि दी गई इसके बाद जवान के पार्थिव शरीर को सलामी देकर उनके गृहग्राम उमरपोटी भेजा गया मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने शोक संदेश में जवान की शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने शहीद जवान के शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की है डॉक्टर सिंह ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है गौरतलब है कि शहीद जवान डोमेश्वर साहू वर्ष दो हजार छह में सेना में भर्ती हुए थे उन्हें हाल ही में कश्मीर के राजौरी में पदस्थ किया गया था

साईस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज रैली का दूसरा चरण आयोजित हुआ इसमें प्रदेश के तेरह जिलों के लगभग ढाई हजार युवा शामिल हुए जिसमें से चार सौ बारह लिखित परीक्षा के लिए सफल हुए और उसमें बासठ युवा साक्षात्कार के लिए चयनित हुए है इनका साक्षात्कार कल चार सिंतबर को आयोजित किया जाएगा यह भर्ती रैली वायु सैनिक चयन केन्द्र भोपाल और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित की जा रही है भिलाई तारामंडल छत्तीसगढ़ का पहला तारामंडल भिलाई में शुरू होगा वहीं राष्ट्रीय स्तर के सर्व सुविधायुक्त इंडोर स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने अब से थोड़ी देर पहले भिलाई में आयोजित एक कार्यक्रम में इन निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी हुडको में खुलने वाले इस तारामंडल को देश के मॉडल तारामंडल के रूप में विकसित किए जाने की योजना है करीब दस एकड़ भूमि पर इस तारामंडल का निर्माण किया जाएगा इस तारामंडल के जरिये लोग आकाशीय घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे यह देश का इकतीसवां तारामंडल होगा जन्माष्टमी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं मंदिरों के अलावा विभिन्न धार्मिक संस्थानों द्वारा आज रात भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा राजधानी रायपुर में स्थित कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है राजधानी में टाटीबंध स्थित इस्कॉन मंदिर समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर जैतूसाव मठ और गोकुल चंद्रमा मंदिर ब्रुढ़ापारा में सुबह से ही श्रद्दालुओं का तांता लगा हुआ है रायपुर में सप्रे शाला मैदान में आज दही लूट उत्सव का भी आयोजन किया गया प्रदेष के अन्य शहरों से भी जन्माष्टमी पर्व ध्रमधाम से मनाए जाने की खबर है